इस चरण में सात राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की उनसठ सीटों के लिए रविवार को वोट डाले जाएंगे विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रमुख नेता देश के विभिन्न क्षेत्रों में मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए रैलियां कर रहे हैं वही कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भरोसा दिलाया कि दो हजार उन्नीस में उनकी पार्टी के सत्ता में आने के बाद केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और सीमा सुरक्षा बल जैसे अर्द्धसैनिक बलों के जवानों को शहीद का दर्जा दिया जाएगा भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बलिया में विजय संकल्प रैली को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी और बहुजन पार्टी के विपक्षी गठबंधन को महामिलावटी करार दिया

राजधानी क्षेत्र ईटानगर के ट्राफिक जमाव को सुगम बनाने के रास्ते निकालने के लिए सोमवार को जिला उपायुक्त की अध्यक्षता में एक बैठक हुई उन्होंने बताया कि ट्राफिक नियम का उल्लंघन करने वाले दोषिओं को भारी भारकम जूर्माना चूकाना पड़ेगा जिला उपायुक्त ने कहा कि जिला प्रशासन राजधानी क्षेत्र में गाड़ियों के अधिकतम घनत्व का पता लगाने के बाद ही नए ऑटो ट्रेकर टेम्पो इत्यादि का पंजीकरण करेगा जिला उपायुक्त ने एक निर्देश जारी कर नाहरलगुन से ईटानगर और एन एच चार सौ पंद्रह एवं जोलांग सड़क मार्ग से सुबह आठ से शाम के छह बजे तक स्कूल बसो और ईटानगर नगरपालिका कॉरपोरेशन के कचरा धोने वाले ट्रक के अलावा भारी गाड़ियों की आवाजाही पर रोक लगा दी है

पहले दिन दो क्रोनिक किडनी मरिजों के डाईलसिस सफलतापूर्वक किया गया यह इकाई सार्वजनिक निजी भागीदारी मोड़ के तहत चलाए जाएंगे

संगठन के विकासशील देशों की मंत्रिस्तरीय बैठक को आज नई दिल्ली में संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि विकासशील देशों को समान अवसर उपलब्ध कराने के लिए सभी सदस्यों को संगठन के विशेष और बहुपक्षीय प्रावधानों को संरक्षित करने का प्रयास करना चाहिए वाणिज्य मंत्री ने कहा कि सभी सदस्य देशों को इस संगठन में मतभेद सुलझाने की प्रक्रिया में सुधार के प्रयास करने चाहिए उन्होंने कहा कि नई दिल्ली में आयोजित यह बैठक एक समान विचार वाले देशों की है और यह किसी देश या देशों के समूह के खिलाफ नहीं है

कार्यशाला का लक्ष्य हर स्तर पर रोतावाईरस की परिचय पर जानकारी और प्रशिक्षण देना था ताकि इस वायरस के संचालन योजना को अतिसावधान पूर्वक समझा जा सके

बराक घाटी क्षेत्र में इंटरनेट सेवाएं बहाल हो गयी हैं उपायुक्त कीर्ति जाली ने लोगों से सोशल मीडिया पर आ रही अफवाहों को रोकने और शांति व्यवस्था स्थापित करने में सहयोग करने की अपील की है असम विश्वविद्यालय की स्नातक और स्नातकोत्तर परीक्षाएं आज दूसरे दिन भी निरस्त कर दी गयी हैं हैलाकांडी जिले में शुक्रवार को दो गुटों के बीच हुए संघर्ष में एक व्यक्ति की मौत के बाद कर्फ्यू लगा दिया गया था

उन्नीस सौ इक्यानवें में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हुई हत्या के बाद भारत ने इस संगठन पर प्रतिबंध लगा दिया था

इसी कारण यह गैरकानूनी गतिविधि के अंतर्गत आता है श्रीलंका में दो हजार नौ में पराजय के बाद भी इस संगठन ने ईलम की अपनी विचारधारा को नहीं छोड़ा है और यूरोप में भी यह धन एकत्रित करने और दुष्प्रचार में लगा है गृह मंत्रालय ने कहा है कि इंटरनेट पर इस तरह का लगातार दुष्प्रचार भारत में प्रमुख हस्तियों की सुरक्षा के लिए खतरा है मंत्रालय ने इस प्रतिबंध को सही ठहराते हुए कहा कि इसके पास जानकारी है कि भविष्य में तमिलनाडु में इस संगठन के समर्थकों और कार्यकर्ताओं द्वारा गैरकानूनी गतिविधियां की जा सकती हैं

आज का अधिकतम तापमान सत्ताईस दशमलव दो डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान इक्कीस दशमलव छह डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया